साथ ही अन्य परियोजनाओं के लिए चार हजार करोड़ रूपए का ऋण भी मंजूर किया गया है यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में नाबार्ड के उन्तालिसवें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के महिला स्व सहायता समूहों कृषक उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों प्रगतिशील किसानों को सम्बोधित करते हए दी

इसका मुख्य कारण सिंचाई के क्षेत्र में विशेष प्रयास हैं

इनसे प्रदेश के दस लाख बयासी हजार परिवार लाभान्वित होंगे कार्यक्रम में नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंताला मुम्बई भी शामिल हुए

ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है

वहीं भोपाल में आज एक सौ पैंसठ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं होशंगाबाद जिलें में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया है एसडीएम ने कहा है कि शाम सात बजे सभी बाजार बंद कर दिए जाएंगे जबलपुर में भी कल देर रात मिली रिपोर्ट में तेरह और कोरोना पॉजिटीव पाए गए हैं

श्योपुर में कलेक्टर ने बाहर से आने वाले मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है शिवपूरी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बीच आज टोटल लॉकडाउन किया गया है इस दौरान दुकानें पूरी तरह बंद हैं

प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यनम से मुख्य भाषण देंगे श्री मोदी के साथ साथ नार्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुतरेस भी उद्घाटन समारोह में शामिल रहेंगे इस सत्र में सरकार निजी क्षेत्र सिविल सोसाइटी और बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं ई फाईलिंग प्रसाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा मिलने से मुकदमे दायर करना आसान हो गया है

प्रसाद ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटिकरण की दिशा में बढ़ता कदम है

उन्होंने कहा कि आचार्य असीम ज्ञान के धनी थे और सामुदायिक सेवा शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा